वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह छट पीपीएफ सुकन्या समृद्धि खाते और आवर्ती जमा राशियों पर लागू होगी सरकार ने लॉकडाउन के मद्देनजर छोटी बचत जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय लिया है

एल आई सी ने कहा कि अब फरवरी महीने का प्रीमियम पन्द्रह अप्रैल तक जमा कराया जा सकेगा

एल आई सी ने कहा है कि पॉलिसी धारक डिजिटल भूगतान विकल्पों के जरिए बिना किसी सेवा शुल्क के प्रीभियम जमा करा सकते हैं मोबाइल ऐप एल आई सी पे डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रीमियम का भूगतान किया जा सकता है

जिले में कोई भूखा ना रहे इसको देखते हुए प्रशासन सजग है गरीब मजदूरों और जरूरतमंद को निःशुल्क ड्राई राशन किट देने के साथ ही लोगों को खाना भी खिलाया जा रहा है जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के साथ ही उसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही के साथ ही वाहनों को भी सीज किया गया जा रहा है जिले में खाद्यन्न आपूर्ति सुचारू बनी हुई है कोरोना वॉरियर्स कोटद्वार कोरोना से बचाव के लिए जहां लोग घरों में रहने को मजबूर हैं वहीं कृछ लोग ऐसे हैं जो अपने दायित्व को निभाने के लिए इन दिनों योद्वा की तरह काम कर रहे हैं इनमें वे महिलाए भी हैं जो घर और बाहर दोनों मोर्चों पर समान रूप से डटी हैं इनमें प्रमुख हैं पुलिस कर्मी पुलिस को लॉकडाउन के दौरान कई तरह की ड़यूटीज़ करनी पड़ रही है वे पिकेट्स और बैरियर पर भी तैनात हैं तो सो ाल डिस्टेंसिंग का भी पालन करा रहे हैं लोगों को खाद्यान्न और खाने के पैकेट पहुंचा रहे हैं तो कोरोना संदिग्घों को क्वारंटीन करने में भी भागीदारी निभा रहे हैं इनमें अच्छी खासी तादाद महिला पुलिसकर्भियों की है जिन्हें सभी तरह की ड्यूटी दी गई है पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हरिद्वार निवासी दीक्षा सैनी की तैनाती इस वक्त कोटद्वार में है वह सुबह से शाम तक चेकपोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं सब इंस्पेक्टर दीक्षा की ही तरह स्वास्थ्य विभाग की फार्मेसिस्ट पूजा असवाल नेगी भी इन दिनों चेकपोस्ट पर डयूटी कर रही हैं उनका कहना है कि जिस तरह सीमाओं पर सैनिक देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं उसी तरह वे भी कोरोना से लोगों की सुरक्षा के लिए मैदान में डटे हैं कोरोना के खिलाफ जारी जंग में नगर निगम के सफाई कर्मचारी भी पीछे नहीं हैं

इस दौरान उन्हें खूद का भी बचाव करना होता है और जब घर जाती हैं तो बच्चों की सफाई और सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है

कई राज्यों ने प्रधानमंत्री से पूर्णबंदी दो सप्ताह और बढ़ाने का अनुरोध किया है

इस दौरान जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान ना देने और साफ सफाई रखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी उन्होंने बताया कि जिले में संस्थागत और होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए विभिन्न रिस्पांस टीमों के साथ साथ एलआईयू ग्राम प्रधान और फील्ड कर्मचारी भी तैनात किये गये हैं जिले में बाहर से आये सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है

जिले में रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा अब तक किये गये प्र ान्सनीय कार्यो को देखते हुए उसे मदर सिविल सोसाइटी संगठन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है रूद्रप्रयाग रूद्रप्रयाग जिले में आज आपूर्ति विभाग द्वारा तैयार की जा रही राहत किट का जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल ने औचक निरीक्षण किया

इस दौरान जिलाधिकारी ने खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और मानकों की भी जांच की

बनभूलपुरा सील हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र को प्रशासन और पुलिस ने अब पूरी तरह से सील कर दिया है पूरे इलाके को पांच जोन में बांट दिया है जिसके लिए पुलिस और प्रशासन के जोनल और सेक्टर मजिस्टेट तैनात किए गए है बनभूलपुरा क्षेत्र प्रदे ा में चिहिनत हॉटस्पॉट में से एक है नैनीताल जिले में जो आठ कोरोना पॉजीटिव मिले हैं उनमें से पांच बनभूलपुरा क्षेत्र के हैं

नैनीताल के जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि क्षेत्र में आव यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिशिचत करने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाए की गई हैं मेडिकल सुविधा के साथ ही राशन दूध फल सब्जी आदि जरूरत का सामान पहुंचाने के लिए टीमें लगाई गई हैं

इस दौरान वाहन में सवार तीन लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है घायल को राजकीय चिकित्सालय सतपूली में भर्ती कराया गया है एम्स डिवाइस ऋषिकेश एम्स ने कोरोना को समुदायों में फैलने से रोकने के लिए वि ीश सॉफ्टवेयर और डिवाइस तैयार किए हैं इस सॉफ्टवेयर को मोबाइल एप के रूप में डाउनलोड किया जा सकेगा इस एप में अपना विवरण भरते ही संबंधित व्यक्ति सीधे एम्स के डाटाबेस से जुड़ जाएगा

इसके साथ ही एक डिवाइस भी तैयार किया गया है लक्षणों की गंभीरता के अनुसार एम्स पैरामेडिकल स्टाफ यह डिवाइस मरीज को रिस्ट बैंड या वेस्ट बेल्ट के रूप में पहनाया जा सकेगा इसके माध्यम से एम्स में संबंधित व्यक्ति के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा सकेगी साथ ही आव यकता होने पर उसे एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल लाया जा सकेगा